राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिए गए हैं कि आज से कन्टेनमेंट जोन से बाहर किसी मी क्षेत्र में केंद्र से परामर्श के बगेर लॉकडाउन लागू न किया जाए राज्य के भीतर और विभिन्न राज्यों के बीच सामान और लोगों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा

मनोरंजन पार्क और इसी तरह के स्थानों को भी खोलने की अनुमति दी जाएगी जिसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय एसओपी जारी करेगा

दीपेन्द्र कुमार आकाशवाणी समाचार दिल्ली मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड नाइन्टीन के मरीजों के स्वस्थ होने की दर को और बेहतर करने का निर्देश देते हये कहा है कि कोरोना वायरस पर प्रभावी नियंत्रण के लिये अत्यधिक सक्रिय होकर कार्य करना होगा मुख्यमंत्री आज लखनऊ स्थित अपने आवास पर अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कोरोना पर प्रमावी नियंत्रण के लिये लक्ष्य निर्घारित कर जरूरी कदम उठाये जाएं संक्रमण के नियंत्रण में प्रमावी सर्विलांस की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देते हये मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्विलांस गतिविधियों को पूरी सक्रियता से संचालित किया जाए इसके लिये इंटीग्रेटेड कमाण्ड एण्ड कंट्रोल सेंटर की व्यवस्था सुदृढ की जाय मुख्यमंत्री ने कोविड अस्पतालों में भर्ती मरीजों से संवाद स्थापित करने और उनकी समस्याओं को दूर करने का निर्देश दिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में अपने आवास से विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तीसरे चरण का श्भारम्भ किया इस अवसर पर उन्होंने विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान से सम्बन्धित जागरूकता वीडियो फिल्म का लोकार्पण भी किया इस अभियान को आज से इकतीस अक्टूबर तक संचालित किया जाना है अभियान के श्भारम्भ कार्यक्रम को सम्बोधित करते हये मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के नेतत्व में विभिन्न विभागों के समन्वय से राज्य सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों से संचारी रोगों के नियंत्रण के लिये यह अभियान संचालित किया जा रहा है इस अभियान से प्रदेश में संचारी रोगों पर प्रभावी नियंत्रण हुआ है देश में कोविड रोगियों के स्वस्थ होने की दर तिरासी दशमलव पांच तीन प्रतिशत हो गई है पिछले चौबीस घंटों के दौरान पचासी हजार से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हए हैं स्वास्थय मंत्रालय ने बताया है कि अब तक स्वस्थ होने वालों की संख्या बावन लाख तिहत्तर हजार से अधिक हो गई है छियासी हजार आठ सौ इक्कीस नये मरीजों के साथ देश में संक्रमित मामलों की संख्या तिरसठ लाख से अधिक हो गई है वर्तमान में नौ लाख चालिस हजार लोगों का इलाज चल रहा है इस समय मृत्यु दर एक दशमलव पांच छह प्रतिशत है जो विश्व में सबसे कम में से एक है पिछले चौबीस घटों के दौरान एक हजार एक सौ सत्तानबे लोगों की मौत के साथ ही मरने वालों की संख्या बढकर अट्ठानबे हजार छ सौ अठहत्तर हो गई है सरकार ने आकलन वर्ष दो हजार उन्नीस दो हजार बीस के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि इस वर्ष तीस नवंबर तक बढ़ा दी है इकतीस मार्च दो हजार उन्नीस को समाप्त हो रहे वित्तीय वर्ष के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि इससे पहले बढ़ाकर तीस सितंबर की गई थी आयकर विभाग ने कहा है कि कोविड महामारी स्थिति के कारण करदाताओं के समक्ष कठिनाइयों को देखते हुए यह फैसला किया गया है केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सड़क दर्घटना के दौरान दर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की सहायता करने वालों के लिए नये नियम प्रकाशित किए हैं इनमें ऐसे नेक लोगों के अधिकारों की रक्षा का प्रावधान किया गया है इन नियमों के तहत इन नेक व्यक्तियों के साथ सम्मानजनक तरीके से व्यवहार किया जायेगा और धर्म राष्ट्रीयता जाति या महिला तथा पुरूष के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जायेगा कोई भी पलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति इन्हें अपना नाम पहचान पता और अन्य कोई व्यक्तिगत जानकारी देने के लिए विवश नहीं कर सकता